स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में संक्रमण की जांच सुविधा तत्काल आधार पर बढ़ाई जा रही है

उन्होंने कहा कि वायरस संक्रमण का यह दौर युद्धकाल जैसा है

बैठक के दौरान श्री मांडे ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्रीय रणनीति समूह सीएसजी गठित किया गया है

उदयपुर में भामाशाह ने जरूरतमंदों की मदद और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को पांच करोड़ से ज्यादा की राशि भेंट की है उधर चूरू में भी जरूरतमंदों को राशन किट दी गई

हिण्डोनसिटी नगर परिषद द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने और सफाईकर्मियों की सुरक्षा के लिए दस लाख रूपये के उपकरण खरीदे जा रहे है

ड्यू पेपर और प्रायोगिक परीक्षाएं मुख्य परीक्षाओं के बाद होंगी उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा के संबंध में बनाई गई समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है

हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं हो रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को वैसाखी के पर्व की शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि नई उमंगों से जुडा यह त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें आज ही के दिन सिख पंथ के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की नींव रखी थी